कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है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

स्रक्षित रहें और तीन आसान उपायों का पालन करें

प्रशासन दवारा कोविड रोकथाम के लिए जनभागीदारी और जनसहभागिता के साथ युद्धस्तर पर कार्य किया जाय

उन्होंने कहा कि भूतपूर्व सैनिकों एनसीसी विभिन्न एनजीओ और रेडक्रास के वॉलन्टियर्स का कोविड रोकथाम के अभियान में सहयोग लिया जाय उन्होंने कहा कि राज्य में कोविड नियंत्रण के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाने के साथ ही कोविड के मरीजों की संख्या को बढ़ने से रोकना आवश्यक है राज्यपाल ने अधिकारियों को राज्य में कोविड की रोकथाम के लिए एक ठोस कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिये हैं बैठक में स्वास्थ्य सचिव डा पंकज क्मार पाण्डेय ने जानकारी दी कि राज्य में क्छ होटलों को कोविड केयर यूनिट में बदला जा रहा है

एमबीबीएस के अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों को भी चिकित्सकों में शामिल किया जा रहा है साथ ही नर्सिंग के विद्यार्थियों की भी सेवाएं ली जा रही हैं उन्होंने बताया कि हल्द्वानी में स्टेडियम को कोविड केयर यूनिट में परिवर्तित किया गया है

उन्होंने कहा कि राज्य में रेमडेसिविर इंजेक्शन की उपलब्धता पर पूरी निगरानी रखी जा रही है

उन्होंने कहा कि टेस्टिंग ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए मास्क न पहनने वालों पर ज़र्माना बढ़ाया जाए और होम आइसोलेशन में कोविड किट त्रंत दी जाए

उन्होंने कहा कि कोरोना के कारण प्रदेश की आर्थिकी को होने वाले नुकसान को किस प्रकार कम से कम किया जा सकता है इसकी कार्ययोजना तत्काल बनाई जाए

उन्होंने कहा कि रेलगाड़ियों के माध्यम ऑक्सीजन सिलेंडरों और टैंकरों की आपूर्ति श्रू करने का फैसला लिया गया है एक समाचार एजेंसी के साथ साक्षात्कार में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ऑक्सीजन एक्सप्रेस रेलगाड़ियों की तेज़ी से आवाजाही और राज्यों को चिकित्सकीय ऑक्सीजन समय पर उपलब्ध कराने के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया जा रहा है

उन्होंने कहा कि इस कदम के जरिए अस्पतालों को ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति की जा सकेगी

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि कोरोना महामारी के इस कठिन समय में कांग्रेस नेता मनमोहन सिंह के सहयोग और महत्वपूर्ण सुझाव के लिए इतिहास आभारी रहेगा स्वास्थ्य मंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को लिखे एक पत्र में यह कहा पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को देश में कोविड से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए सुझाव दिये हैं इस महामारी को अघोषित आपातकाल बताते हए श्री सिंह ने देश में कोविड टीकाकरण कार्यक्रम को बढ़ाने का सुझाव दिया इस पर डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि डॉक्टर सिंह द्वारा टीकाकरण पर जोर दिया गया जो कि कोविड से निपटने के लिए महत्वपूर्ण है और सरकार इस पर काम कर रही है

कोरोना अल्मोडा अल्मोड़ा जिले के चारों प्रवेश स्थानों पर थर्मल स्कैनिंग और सैम्पलिंग की जायेगी साथ ही सभी क्षेत्रों में एक एक कोविड केयर सेन्टर दोबारा संचालित किये जाएंगे जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने इसके निर्देश जारी किये हैं स्वास्थ्य विभाग और अन्य अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर से मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है इसलिए सभी को बेहद सर्तक होने की जरूरत है जिलाधिकारी ने कहा कि हर रोज कम से कम एक हजार लोगों की सैम्पलिंग की जायेगी उन्होंने ग्रामीण निर्माण विभाग के अधिकारियों से कहा कि जिला अस्पताल स्थित आईसीयू सेन्टर को दो दिन के भीतर संचालित किया जाय साथ ही रानीखेत में भी आईसीयू सेन्टर को जल्द से जल्द स्वास्थ्य विभाग को हस्तान्तरित किया जाए

नैनीताल डीएम नैनीताल जिले में अगर किसी व्यक्ति में कोविड के लक्षण है और जांच रिपोर्ट आने में देर हो रही है तो स्वास्थ्य विभाग की ओर से तत्काल दवा की किट दी जाएगी

उन्होंने इस सम्बन्ध में म्ख्य चिकित्साधिकारी और चिकित्साधीक्षकों को पत्र जारी किया है जिलाधिकारी ने बताया कि बाहर से आने वाले प्रवासियों को होम क्वारंटीन किया जाएगा

आरटी पीसीआर जांच रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद ही वो घर से बाहर निकल सकेंगे सिटी मजिस्ट्रेट और उपजिलाधिकारी को सख्ती से इसका पालन कराने के निर्देश दिये गए हैं

जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने यह निर्देश दिये हैं उन्होंने कहा कि कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग के जरिये ही संक्रमण के फैलाव को रोका जा सकता है कोरोना को लेकर उच्च अधिकारियों के साथ बैठक में जिलाधिकारी ने आईआरएस के अंतर्गत तहसील स्तर पर इंसिडेंट कमांडर की जिम्मेदारी समस्त उप जिलाधिकारियों को दी है

जिलाधिकारी ने कोरोना पॉजिटिव मामलों की मैपिंग कराने के साथ ही सैम्पलिंग बढ़ाने के निर्देश दिए उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति जो बुखार की दवाई लेने मेडिकल शॉप आयर्वेद सीएचसी पीएचसी में आ रहें है उन सभी का कोविड टेस्ट कराने के बाद कोविड मेडिसन किट दी जाय

जिलाधिकारी ने बॉर्डर पर ड्डनेट सैम्पलिंग बढ़ाने के निर्देश भी दिए पेयजल मंत्री बैठक पेयजल मंत्री बिशन सिंह च्फाल ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि वर्षा जल संग्रहण की योजना बनायी जाए और गर्मियों के मौसम में पेयजल की समस्या को दूर करने के लिए व्यवस्था की जाए हल्दवानी में समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने गिरते भूजल स्तर और पेयजल स्रोतों में आई कमी को देखते हुए वर्षा जल संग्रहण को अनिवार्य करते हुए इससे सम्बन्धित योजनाएं बनाने पर जोर दिया उन्होंने कहा कि वर्षा जल संग्रहण के लिए चाल खाल पोखर तालाबों का अधिक से अधिक निर्माण किया जाए और दो महीने के अंदर वर्षा जल संग्रहण से सम्बन्धित डीपीआर बना कर शासन को भेजा जाए बची सिंह रावत पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बची सिंह रावत के निधन से प्रदेश में शोक की लहर है विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल पूर्व म्ख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और उच्च शिक्षा राज्य मंत्री धन सिंह रावत ने एम्स ऋषिकेश में भावभीनी श्रद्धांजलि दी पूर्व मंत्री बची सिंह रावत अल्मोड़ा के सांसद भी रह च्के हैं उनके निधन पर जिले के भाजपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ ही उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी उत्तराखंड क्रांति दल समेत कई संगठनों ने शोक व्यक्त किया है बता दें कि फेफड़ों में संक्रमण होने की वजह से बची सिंह रावत ऋषिकेश एम्स में उपचार के लिए लाया गया था जहां उनका निधन हो गया

वे ऋषिकेश के एम्स असक्षताल में भर्ती थे श्री कौशल ने आकाशवाणी द्ररदर्शन क्षेत्रीय आउटरीच ब्यूरो और देश के समाचार पत्रो का रजिस्ट्रार आर एन आई सहित सूचना और प्रसारण मंत्रालय की विभिन्न मीडिया इकाईयों में काम किया राष्टीय सेमिनार राज्य की विषम भौगोलिक परिस्थितियों के मददेनजर आपदा की चुनौतियों से निपटने के लिए आपदा प्रबन्धन एवं प्नर्वास विषय पर राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया जाएगा इसके लिए एक उच्च स्तरीय क्रियान्वयन समिति का गठन किया जाएगा जिसमें राज्य के विभिन्न उच्च शिक्षण संस्थानों के निदेशक और विशेषज्ञों को शामिल किया जाएगा आपदा प्रबन्धन एवं प्नर्वास राज्य मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने आपदा प्रबन्धन विभाग के तत्वावधान में आयोजित वर्चअल मीटिंग के बाद यह जानकारी दी उन्होंने कहा कि आगामी जून महीने में आयोजित होने जा रहे इस सेमिनार में विभिन्न आपदाओं पर राज्य और राष्ट्रीय स्तर के विषय विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों के सुझावों का संकलन कर कार्ययोजना तैयार की जाएगी इससे राज्य में आने वाली विभिन्न प्रकार की आपदाओं से निपटने में मदद मिलेगी